प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिये आज अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पत्र भरने का काम होगा शुरू

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में कल देर रात हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किये गये

इनमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को झालरापाटन से गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया को उदयपुर से पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड को चूरू से कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी को अंता से और उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी को राजसमंद से टिकिट दिया गया है वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी को जयपुर के सिविल लाईन्स विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी को आदर्श नगर से ऊर्जा मंत्री प्ष्पेन्द्र सिंह राणावत को बाली से पर्यावरण मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर को लोहावट से शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी को अजमेर उत्तर से और सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक को डेगाना से उम्मीदवार घोषित किया गया है इसके अलावा यूडीएच मंत्री श्रीचन्द्र कृपलानी को निम्बाहेडा से प्रत्याशी बनाया गया है

वहीं कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी कर सकती है पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली बैठक में पहली सूची के नामों पर मुहर लगेगी इससे पहले कल स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की पूर्व मुख्यमंत्री अषोक गहलोत की मौजूदगी में बैठक हुई प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि कांग्रेस इस बार अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सहमति से ज्यादातर सीटों पर प्रत्याषियों के नाम तय करेगी मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी विधानसभा चुनावों को लेकर अपने प्रत्याशियों की पहली सूची आज शाम तक जारी कर सकती है

सीकर से हमारे सवांददाता ने बताया कि पार्टी ने सीकर चूरू झुंझुनूं श्रीगंगानगर हनुमानगढ बीकानेर जोधपुर कोटा और नागौर जिले में प्रत्याशियों के नामों के चयन का काम लगभग पूरा कर लिया है

साथ ही नामांकन भरते समय सिर्फ चार लोग ही साथ जा सकेंगे

राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर चुनाव प्रसारण के लिए आवंटित समय की वास्तविक तिथि और प्रसारण समय का निर्धारण आज जयपूर में लॉटरी द्वारा किया जाएगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार की अध्यक्षता में जयपुर में आयोजित होने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि द्रदर्शन आकाशवाणी और निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज हो रहा है

निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं सुरक्षा इंतजाम के तहत सीआरपीएफ बीएसएफ और आई टी बी पी के जवानों सहित करीब एक लाख सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं भारतीय वायुसेना और बीएसएफ के हेलिकॉप्टरों को भी काम पर लगाया गया है

केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार का आज बैंगलुरू में निधन हो गया श्री कुमार पिछले कई दिनों से केंसर की बीमारी से पीडित थे उनका बैंगलुरू के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था

ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि मौजूदा तिमाही में बिजली की मांग में दस दशमलव पांच प्रतिशत की वृद्धि हई है कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि बिजली की मांग और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है

यह इसलिये बढ रही है क्योंकि हम प्रतिदिन एक लाख नए उपभोक्ता जोड़ रहे है जिनको पहले बिजली नहीं मिल रही थी श्री आरके सिंह ने कहा कि सरकार बिजली की बचत पर जोर दे रही है और अब तक एक सौ बीस करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब वितरित किये जा चुके हैं